मुख्यमंत्री आज बिलासपुर में कोरोना महामारी और सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने व्यापार मंडल के सदस्यों से राज्य सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया उन्होंने इस कार्य के लिए पंचायतीराज संस्थाओं स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों स्वयं सहायता समूहों और महिला व युवक मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा मुख्यमंत्री प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने की गति पिछले वर्ष की तूलना में अधिक तेज है और ये एक चिंता का विषय है जिसके चलते सरकार सक्रिय है और प्रदेश में ऑक्सीजन पीपीई किट सेनेटाइजर और मरीजों के लिए बेड की उचित व्यवस्था की जा रही है महेन्द्र सिंह जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा है कि प्रदेश में किसानो और बागवानों को मशरूम की खेती से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही है

इसमें प्रदेश भर के किसानों और बागवानों को मशरूम उत्पादन की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी ताकि वह अपने अपने क्षेत्रों में मशरूम की खेती कर सकें महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने बरोटी में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कृटीर और मुख्यमंत्री लोकभवन का भूमिपुजन भी किया

परमार आज ग्राम पंचायत रैपुर में पंचवटी पार्क और ट्यूबवेल के लोकार्पण के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सुलाह विधानसभा क्षेत्र निरन्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसमें अब कोई रूकावट नहीं आएगी कशन कप्र सासंद किशन कपूर ने अधिकारियों को गर्मियों में सूखे और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अविलंब पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं किशन कपुर ने आज धर्मशााला मे जल शक्ति विभाग कांगड़ा व चंबा के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सिंचाई और पेयजल योजनाओं की जानकारी ली उन्होंने सूखा संभावित क्षेत्रों में निर्वाध जलापूर्ति के लिए समय रहते सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जल जीवन भिशन के तहत हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभाएं

ये निर्णय भारतीये पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा देशभर में बढ़ते कोरोना के दृष्टिंगत अपने अधीन मन्दिरों को श्रद्वालुओं के लिए बेंद करने के दृष्टिगत लिया गया है इस संबंध में चेंबा के उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं

बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी व ज़िला उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले रामपूर विधानसभा क्षेत्र ँ के मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई